इसके लिए छह प्रमुख क्षेत्रों स्वास्थ्य तथा कल्याण भौतिक तथा वित्तीय पुंजी और अवसंरचना आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया है इसके साथ ही मानव संसाधन में नवजीवन का संचार नव परिवर्तन अनुसंधान तथा विकास और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर विशेष जोर दिया गया है

पशपालन डेरी और मछली उद्योग को ऋण प्रदान करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा ग्रामीण ढांचा विकास कोष के लिए चालीस हजार करोड़ रूपये करने की घोषणा की गई है

उज्ज्यला योजना के अंतर्गत सरकार ने इसमें एक करोड और परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है

सडक और राजमार्ग ढांचे में बढोतरी के लिए बजट प्रस्तावों में नये आर्थिक कॉरीडोर बनाने की घोषणा की गई है श्रीमती सीतारामन ने पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्व रूप से हटाने के लिए स्थैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना के नये मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है